आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

राष्ट्रीय मानाधिकार आयोग ने कोविड के सम्बध मे जारी अपने दुसरे परामर्श मे कहा है कि सरकारें दवाईयां व ऑक्सीजन सिलेंडर के जमाखोरी व कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ त्रंत कार्यवाही करें चार मई को भेजे पत्र के जरिये आयोग ने चार हफ्ते के केन्द्र व राज्य सरकारों से इस बारे मे जवाब मांगा है कि उन्होंने आयोग की दूसरी परामर्श पर क्या प्रगति की है केन्द्र ने राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिन लाभपात्रियों ने कोविड का पहला टीका लगा लिया है उन्हें दुसरे दौर के टीके के लिए प्राथमिकता दें

उन्होंने अपील की राज्य टीकाकरण अभियान में तेज़ी लाये ताकि सभी को दोनों दौर का टीका जल्दी लगाया जा सकें

इस अस्पताल को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान दवारा चलाया जायेगा केन्द्रीय सामाजिक नयाय अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने आज इस अस्पताल का श्भारंभ करते हये कहा कि भारतीय सेना चाहे देश के सीमाओ की रक्षा की बात हो या आपदा का समय हो हमेशा ही ढाल बनकर खड़ी हई है उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को चलाने के लिए सेना दवारा स्थानीय चिकित्सा विभाग का सहयोग भी लिया जायेगा इस अवसर पर मौजूद लैफ्टिनेट जनरल मंनदिंर सिंह ने कहा कि सेना लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास करेगी

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस अस्थायी अस्प्ताल में मिशन की ओर से हर बैड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है और मरीज़ों के तीनों समय के भोजन की व्यवस्था भी की जायेगी जबकि डॉक्टर्स नर्से व पेरामेडिकल कर्मचारी सरकारी द्वारा दिये गये है इस अवसर पर पंचकल्रा के उपायक्त मुकेश कुमार आहजा व मेयर कलभ्षण गोयल व संत निरंकारी मंडल के क्षेत्रीय खाख प्रबंधक एच एस चावला मौजूद थे

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगए के अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट से ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए कारगो जहाज से दो टैंकर रवाना किये

म्ख्यमंत्री ने कहा कि रोजाना हवाई जहाज से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टैंकर भेजे जा रहे है ताकि सप्लाई जल्द आ सके और प्रदेश में कोविड मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हों ये टैंकर उड़ीसा के टाटा स्टील प्लांट से तरल मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई लेकर अगले दिन वापिस आएंगे

केन्द्रीय न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस और अन्य दलों दवारा कोविड महामारी के निरंतर राजनीतिकरण पर अफसोस जताया